केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने ऋण वसूली के लंबित मामलों को निपटाने के लिए प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विघेयक दो हजार बीस में परिवर्तन को दी मंजूरी सार्वजनिक क्षेत्र की तीन बीमा कंपनियों में ढाई हजार करोड़ रुपये की पूंजी लगाने को भी मंजूरी प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र आज से हो रहा है शुरू प्रदेश सरकार कोरोना वायरस के मामले में बरत रही है विशेष सतर्कता चिकित्सा निगरानी में रखे गये हैं चीनी से लौटे पांच सौ तिरपन लोग फिरोजाबाद में हई एक सड़क द्र्घटना में दस लोगों की मौत और दो दर्जन से अधिक लोग घायल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि पिछले आठ महीने में केन्द्र की एन डी ए सरकार के अनेक फैसलों से देश आत्म विश्वास के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है नई दिल्ली में एक प्राइवेट टीवी चौनल के समारोह में इंडिया एक्शन प्लान दो हजार बीस का उल्लेख करते हुए उन्होंने यह बात कही इंडिया एक्शन प्लान ट्वेंटी ट्वेंटी रखी है पर इणदा पूरी सीरीज में अच्छी परफोरमेंस का है नए रिकॉर्ड बनाने का और इस सीरीज को भारत की सीरीज बनाने का है दुनिया का सबसे युवा देश अब तेजी से खेलने के मूड में है सिर्फ आठ महीने की सरकार ने पैसलों की जो सैन्यूरी बनाई है वो अभूतपूर्व है आपको अच्छा तगेगा आपको गर्व होगा कि भारत ने इतने तेज प्रैसले लिए इतनी तेज गति से काम हुआ है प्रधानमंत्री ने कहा कि तीन तलाक की प्रथा समाप्त करने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद तीन सौ सत्तर को निष्प्रभावी करने छोटे व्यापारियों को पेंशन योजना में लाने तथा बोडो शांति समझौते जैसे अभूतपूर्व फैसले किये गये हैं उन्होंने कहा कि देश पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे चल चुका है और इस बारे में कई उपाय किये गये हैं श्री मोदी ने कहा कि केन्द्रीय बजट इस लक्ष्य को हासिल करने में मददगार होगा अमी हाल में जो बजट आया वो देश को इस लक्ष्य की प्रापि में फाइव ट्रिलियन डॉलर की इकोनोमी बनाने में और मदद करेगा साथियों इस लस्य की प्राप्ति के लिए यह बहुत आवश्यक है कि भारत में मैन्युफेकचरिंग बढ़े एक्पोर्ट बढ़े इसके लिए सरकार ने अनेक इनेसिटिव लिये हैं अनेक फैसले लिये हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को तीस खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने में करीब सत्तर वर्ष लग गये श्री मोदी ने कहा कि दिशाहीन होने की बजाय सशक्त लक्ष्य की ओर मजबूती से आगे बढ़ने का उद्देश्य होना चाहिए कर संबंधी प्रावधानों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सरकारें कर प्रणाली में परिवर्तन से हिचकिचाती रहीं हैं लेकिन वर्तमान सरकार ने कर प्रणाली को जन आधारित बनाने का बीड़ा उठाया है उन्होंने कहा कि आय कर विकास कार्यों के लिए धन जुटाने का एक आवश्यक साधन है उन्होंने इस विषय पर लोगों से आत्ममंथन करने का आग्रह किया और ईमानदारी से कर देने की अपील की श्री मोदी ने कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब आर्थिक विकास को गति देने के लिए छोटे शहरों पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है उन्होंने कहा कि अब भारत के टीयर टू और टीयर थ्री शहर आर्थिक गतिविधियों के नये केन्द्र होंगे इन शहरों में गरीब और मध्यम वर्ग के जरिये डिजिटल लेन देन को बढ़ावा मिलेगा प्रधानमंत्री ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं की भूमिका की प्रशंसा की उन्होंने कहा कि मीडिया की किसी भी समालोचना का सरकार स्वागत करेगी लेकिन मीडिया को भी सरकार की जनकल्याण की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरुक करना होगा समृद्ध भारत के निर्माण में भी मीडिया बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है और करनी भी चाहिए जिस तरह मीडिया ने स्वच्छ भारत सिंगत यूज प्लास्टिक पर जागरूकता अभियान चलाया वैसे ही उसे देश की चुनौतियाँ जरूरतों के बारे में मी निरंतर अभियान चलाते रहना चाहिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक दो हजार बीस में परिवर्तन की मंजूरी दे दी है इसमें ऋण वसुली न्यायाधिकरणों में लम्बित मामलों को शामिल किया गया है यह विधेयक इस महीने के शुरू में लोकसभा में प्रस्तुत किया जा चुका है इसका उद्देश्य प्रत्यक्ष कर विवाद से संबंधित मुकदमों में कमी लाना है नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि नौ लाख करोड रूपये के कर से संबंधित मामले विभिन्न अदालतों में विचाराधीन हैं श्री जावडेकर ने आशा व्यक्त की कि लोग विवाद से विश्वास योजना का लाभ उठाएंगे और इस वर्ष इकत्तीस मार्च से पहले कर राशि जमा कर देंगे इसलिए बजट में विवाद से विश्वास ये नया स्कीम लाया जिसका देश भर में स्वागत हुआ इसका एक विस्तार दायरा बढ़ाया अब जो डीआरपी में करोज हैं वो भी आ सकेंगे अ मार्च तक सारे ज्यादा से ज्यादा टैक्स डिस्पूट खत्म हो उसमें टैक्स पेयर को बहुत आकर्षक ऑफर्स हैं कि वो करेगा तो उसका भी फायदा है देश का भी फायदा है एक अन्य फैसले में मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की तीन बीमा कंपनियों में ढ़ाई हजार करोड़ रुपये की पूंजी लगाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी ये कपनियां हैं ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नेशनल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड श्री जावडेकर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने कीटनाशक प्रबंधन दो हजार बीस को भी मंजूरी दे दी है यह विधेयक संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में पेश किया जायेगा प्रदेश विधान मंडल का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है आधिकारिक सूचना के अनुसार सत्र के पहले दिन प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल विधान मंडल के दोनों सदनों विधानसभा और विधान परिषद को संयुक्त रूप से सम्बोधित करेंगी प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार अट्ठारह फरवरी को वर्ष दो हजार बीस इक्कीस का आम बजट सदन में पेश किया जायेगा विधानसभा अध्यक्ष हदयनारायण दीक्षित ने बजट सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाकर सभी राजनीतिक दलों से सदन को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग मांगा विधान परिषद से जारी कार्यक्रम के अनुसार अट्ठारह और उन्नीस फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में चर्चा होगी बीस फरवरी से सदन में बजट पर चर्चा शुरू होगी

प्रदेश सरकार कोरोना वायरस मामले में राज्य में विशेष सतर्कता बरत रही है हमारे संवाददाता ने बताया है कि अभी तक राज्य में कोरोना वायरस से प्रभावित कोई व्यक्ति नहीं पाया गया है संक्रामक रोग के निदेशक देवेश चतुर्वेदी ने बताया है कि चीन से लौटे व्यक्तियों को अट्ठाइस दिनों के लिए गहन निगरानी में रखा गया है अब तक ग्यारह सौ सात लोगों को निगरानी में रखा गया था जिनमें से आधे से ज्यादा लोगों की समयावधि पूरी हो गयी है इस बीच छात्रों में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता लाने के लिए प्रत्येक स्कूल के दो शिक्षकों को स्वास्थ्य और स्वच्छता दृत बनाया जाएगा केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और स्वास्थ्य राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कल नई दिल्ली में आयुष्मान भारत के तहत स्कूल में स्वास्थ्य और स्वच्छता दूत कार्यक्रम की शुरूआत की इस अवसर पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस योजना को दूरगामी परिणाम वाला बताया

यह इस महीने की अट्ठाईस तारीख तक जारी रहेगा इस अभियान का मुख्य उद्देश्य देश की विविधता में एकता और राष्ट्रीय भावना को सशक्त बनाना है

श्री मोदी ने एक ट्वीट संदेश में लोगों से उन विषयों पर विचार भेजने का आग्रह किया है जिन पर उनको चर्चा करनी चाहिये लोग एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य डायल कर अपने संदेश रिकार्ड करा सकते हैं वे नमो ऐप ओपन फोरम या माइ जी ओ वी डॉट इन पर भी लिख सकते हैं वे एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल के जरिए भी सुझाव दे सकते हैं

रेडियो के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है इस वर्ष विश्व रेडियो दिवस का विषय है रेडिया और विविधता संयक्त राष्ट्र संघ महासभा ने चौदह जनवरी दो हजार तेरह को विश्व रेडियो दिवस मनाने के यूनेस्को के फैसले को औपचारिक स्वीकृति दी थी फिरोजाबाद में बीती रात हई एक सड़क दूर्घटना में दस लोगों की मौत हो गई जबकि दो दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए घायलों को सैफई मेडिकल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है